सुको निर्देश उच्चतम न्यायालय ने देश में खासतौर पर स्कूली बच्चों में फैलती मादक पदार्थों की लत को रोकने के निर्देश दिये हैं न्यायालय ने इसके लिए अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान को सात सितंबर से पहले राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार करने को कहा है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिन्दर सिंह को यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार और एम्स को कार्यनीति तैयार करने के लिए और समय नहीं दिया जायेगा क्योंकि यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है जांच किट यौन प्रताड़ना संबंधी मामलों की त्वरित जांच के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पांच हजार जांच किट खरीदे गये हैं इन जांच किटों को देश भर के विभिन्न पुलिस थानो को उपलब्ध कराया जायेगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इस तरह के किट पूलिस थानों को उपलब्ध कराने के कदम उठायें महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले हफ्ते राज्यों से जांच किट खरीदने और उन्हें प्रलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के अध्यापक वर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन ग्रुपूर्णिमा के पहले कर लिया जायेगा इससे दो लाख चौरासी हजार से अधिक अध्यापकों को फायदा होगा अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज खरगौन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार कर लिया गया है श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिजली सड़क पानी जैसी सुविधाओं से लोग वंचित थे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानो की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है श्री चौहान ने गरीबों को पक्के मकान पट्टे बिजली स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार की विभिन्न योजनाओं का जिक करते हुए कहा कि भाजपा विकास के लिए कटिबद्ध है उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि इन्दौर मनमाड़ रेललाइन को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है कमलनाथ गठबंधन मध्यप्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पाटी के साथ गठबंधन करने का प्रयास किया जा रहा है आज नई दिल्ली में संसदीय सौंध में कांग्रेस कार्यसभिति की बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने संवाददाताओं से वार्ता में कहा कि बसपा सुप्रीमों मायावती से प्रदेश मे गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है वहीं उनकी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी संपर्क में है और चाहती है कि उनके साथ गठबंधन हो जाये छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है इसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था मौलाना आजाद एज्केशन फाउण्डेशन बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के बजट में बढ़ोत्तरी करने जा रहा है इस योजना के तहत नौंवी और दसवीं की छात्राओं को प्रतिवर्ष पांच हजार और ग्यारहवीं तथा बारहवीं की छात्राओं को छह हजार रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है कृषि गिरदावरी फसल गिरदावरी के तहत भू अभिलेखों में दर्ज जानकारी समय पर दुरुस्त करने तथा किसानों को उसका लाभ देने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एक एप तैयार किया गया है इस एप को मोबाइल फोन पर अपलोड कर लोकेशन ऑन करना पड़ेगा जिसके बाद इसमें ऑनलाइन जानकारी अपलोड होगी जैसै ही जानकारी सर्वर पर अपलोड होगी संबंधित किसान को उसके मोबाइल नंबर पर संबंधित खसरों में फसल गिरदावरी के अंतर्गत दर्ज की गई जानकारी एसएस के माध्यम से भेजी जायेगी गौरतलब है कि फसल गिरदावरी वर्ष में दो बार खरीफ और रबी सीजन की बुवाई के बाद भू अभिलेख में जानकारी दर्ज की जाने वाली प्रक्रिया है

श्री गडकरी गुना में आयोजित विकास पर्व और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को राशि वितरण करने के साथ ही कई विकासकार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी कर्रे गे

विभाग इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा

मुख्य समारोह भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित होगा जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी

इसमें पांच और दस किलोमीटर वाले अलग अलग वर्ग समूह के पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आये प्रतिभागियों को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पीके दास ने सम्मानित किया शौचालय घोटाला उमरिया जिले में जिला प्रशासन ने शौचालय घोटाला मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नौरोजाबाद नगर परिषद में हुए शौचालय घोटाला मामले में परिषद की अध्यक्ष ्पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच कराई थी इस दौरान नगर परिषद नौरोजाबाद क्षेत्र में कुल अड़सठ शौचालय अधूरे और नदारद पाये गये थे चलित थाना शिवपुरी जिले के पडोरा में कल चलित थाने का आयोजन किया गया इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश हिंगणकर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस चलित थाना शिविर में दो सौ चौवन आवेदनों में से एक सौ पचास आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस चलित थाने का उददेश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है ताकि उन्हे अपनी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े उन्होंने बताया कि चलित थाने का कम पूरे जिले में शुरू किया गया है अभी तक दो शिविर लगाये जा चुके हैं भविष्य में अन्य स्थानों पर भी ये शिविर लगाये जायेंगे

शिवपूरी में आज हई तेज बारिश से शहर की कई निचली बस्तियों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के फद्दीपुरा गांव में आज सुबह मकान की दीवार ढह जाने से एक महिला की मौत हो गई

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन रहे है अरब सागर में बन रहे सिस्टम से आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है आज रात से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है जो तीन दिन तक जारी रहने की आशंका व्यक्त की गयी है